राज्य के ज्यादातर जिलों में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान शुरू

पोषण पखवाड़े के तहत सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रदेशभर में चलायी जा रही है विभिन्न गतिविधियां सीकर के खाटूश्यामजी में में दस दिन का वार्षिक मेला सम्पन्न

उनका कल रात निधन हो गया था

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिवंगत नेता के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया मंत्रिमंडल ने संवेदना संदेश में कहा कि देश ने अनुभवी और कुशल नेता खो दिया है आध्निक गोवा और देश की सशस्त्र सेनाओं के आध्निकीकरण तथा पूर्व सैनिकों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता मंत्रिमंडल ने शोक संतप्त परिवार और गोवा की जनता के प्रति समूचे देश की ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त की है राज्यपाल कल्याण सिंह ने श्री पर्रिकर के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वे सादगी की जीती जागती मिसाल थे उन्होंने कहा कि जीवन के अंतिम समय तक राष्ट्र की सेवा में संलग्न श्री पर्रिकर का निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर दिवंगत पर्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के लिए संवेदना प्रकट की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने शोक संदेष में कहा कि वे सादा जीवन उच्च विचार की प्रतिमूर्ति थे जयपूर में आज कालवाड़ में दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी गई उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने कहा कि रक्षा मंत्री के रूप में और गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बेहतरीन काम किया प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर भी श्री पर्रिकर के लिए श्रद्वांजलि सभाओं का आयोजन किया गया

लोकसभा चुनाव सात चरणों में होना है राजस्थान में चौथे और पांचवे चरण में चुनाव होंगे

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बनाया शुभंकर शेरू हर रोज अलग अलग वर्ग को शत प्रतिशत मतदान का संदेश दे रहा है आज इसी श्रृंखला में जिला बार एसोसिएशन के साथ आयोजित कार्यक्रम में मतदान के महत्व पर चर्चा की गई टोंक में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए श्रभंकर गूंज के पोस्टर का विमोचन किया गया नागौर जिले के डेगाना में मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया

बैठक में पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी ने भरतपुर की सीमा से सटे उत्तरप्रदेश और हरियाणा बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए साथ ही अवैध रूप से हथियारों की सप्लाई तथा शराब की रोकथाम के लिए कड़ाई रखने के निर्देश दिए

महिला तथा बाल विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक मुकेश मीणा ने आज आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि पोषण अभियान का मकसद समाज में जागरूकता लाना है

इसके लिए नागौर जायल मेड़ता खीवसर कुचामन डेगाना डीडवाना परबतसर और गच्छीपुरा में खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं

खरीद की गई जिसों की राशि किसानों के बैंक खाते में जमा की जाएगी उसके लिए किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन शुरू करवा दिया है

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभियान के दौरान बच्चों को बीसीजी मीजल्स डीपीटी और अन्य टीके लगाए जाएंगे

श्री सारण ने आज जयपुर में पार्टी कार्यालय में अपना कार्यभार संभालने के बाद बताया कि शीघ्र ही प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी का फिर से गठन किया जायेगा

खाट्श्यामजी के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से भक्तों ने मेले में शिरकत की

पुलिस अधीक्षक ने आज बताया कि राजाखेड़ा धौलपुर रोड पर तड़के एक ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाये जाने के कारण उसके पीछे चल रही जीप ट्रक में जा घुसी गंभीर रूप से घायल लोगों को आगरा रैफर किया गया है जीप में सवार लोग करौली के कैलादेवी से दर्शन करके आ रहे थे उधर हनुमानगढ़ जिले के भिरानी क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल के आमने सामने टकरा जाने से एक किशोर सहित दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया

वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे

आज शाम पूरे सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया

ये कार्यक्रम एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा

ट्वीटर हैंडल पतदमू पर भी रुजंह आस्क एआईआर का इस्तेमाल करते हुए सवाल पोस्ट किये जा सकते हैं कार्यक्रम द्रदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध रहेगा

कोटा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता संतोष गुप्ता को आज पांच हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ़तार किया इस अभियंता ने एक फर्म के अस्थाई पंजीयन को स्थाई करने की एवज में बीस हजार रूपए की मांग की थी जिसमें पन्द्रह हजार रूपए वह पहले ले चुका था